मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आहवान किया है कानपुर में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रदेश राष्ट्र का सबसे बडा और युवाओं का राज्य है उन्होंने युवा ऊर्जा को राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार युवाओं के रोजगार की दिशा में काम कर रही है उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को छत उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्यारह लाख आवास तथा शहरी क्षेत्र में छह लाख आवासों का निर्माण किया जा रहा है जो अपने आप में एक रिकार्ड है श्री योगी ने कहा कि पिछले एक वर्ष में राज्य में कानून व्यवस्था सुधरी है और राज्य का हर दिशा में विकास हुआ है उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में एक वर्ष में पचहत्तर हजार से अधिक मजरों में विद्यूतीकरण का कार्य पूरा हुआ है और छप्पन लाख परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं उन्होंने कहा कि वन डिस्टिक वन प्रोडेक्ट पर सकारात्मक रूप से काम किया जा रहा है इससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा आर्थिक मजबूती आयेगी युवाओं को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा को दुनिया के सबसे बड़ राजनैतिक दल के रूप में स्थापित कर दिया है

कार्यशाला का आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय न किया है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है और इससे माताओं नवजात शिशुओं और बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है स्वास्थ्य और परिवार राज्यमंत्री अश्विनी क्रमार चौबे ने समावेशी विकास प्रक्रिया में संतुलन बनाये रखने की अपील की

केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीपद नायक ने कहा है कि योग से भारत का दुनिया में मान बढ़ा है उन्होंने कहा कि योग ऐसी क्रिया है जो कि सभी के लिए लाभप्रद है इससे अच्छी मानसिकता और विचारों का प्रार्दुभाव होता है श्रो नायक आज कानपुर स्थित एक तकनीकी शिक्षण संस्थान में अतर्राष्ट्रीय योगा कांफ्रस को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार योग को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है इसके लिए नेशनल योग बोर्ड का गठन किया गया है उन्होंने कहा कि इक्कीस जून को विश्व में एक साथ भारत के नेतृत्व में योग कर गिनीज बुक विश्व रिकार्ड स्थापित किया गया था उन्होंने कहा कि योग के कारण भारत विश्व में चर्चित बना हुआ है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को उनके जन्म दिन पर बधाई दी है श्री शाह आज चौव्वन वर्ष के हो गये एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री शाह के नेतृत्व में पार्टी का काफी विस्तार हुआ ह उनकी सक्रियता और कठिन परिश्रम पार्टी के लिए बड़ी सम्पदा है उधर लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर श्री शाह को उनके जन्म दिन पर बधाई दी गई पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हीरो वाजपेई ने बताया कि इस अवसर पर मिठाइयां बांटी गई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

प्रदेश विधान परिषद के सभापति रमेश यादव के पुत्र की कल संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में श्री यादव की पत्नी और मृतक की माँ मीरा यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है गौरतलब है कि श्री यादव के पुत्र अभिजीत यादव कल लखनऊ स्थित विधायक निवास में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाये गये थे श्रीमती यादव को चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है पोस्टमार्टम में मृतक के गला दबा कर हत्या किये जाने की पुष्टि हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री यादव के पुत्र के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गई तथा कई अन्य घायल हो गये आजमगढ़ जनपद में जीयनपुर पुलिस थाना अन्तर्गत आजमगढ़ गोरखप्र राजमार्ग पर आज एक सड़क द्र्घटना में चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गये रजदेपुर गांव के पास हुई इस दुर्घटना में सभी मृतक नेपाल के निवासी है यह लोग वाराणसी जा रहे थे उधर कन्नौज जनपद के अन्तर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में कार सवार एक महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई सभी मृतक प्रतापगढ़ के रहने वाले थे वहीं प्रतापगढ़ के हथगवां थाना क्षेत्र में हाईटेंशन बिजली तार की चपेट में आकर आज सुबह एक युवक की मौत हो गई मैनपुरी जनपद के थाना एलाऊ क्षेत्र में एक निजी बस के पलट जाने से ग्यारह यात्री घायल हो गये जिनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है देवरिया जनपद को तीस अक्टूबर तक खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित कर दिया जायेगा जिला पंचायत राज अधिकारी ओम प्रकाश पाण्डेय ने बताया कि जनपद में कुल दो हजार छत्तीस राजस्व गांव है अब तक एक लाख छप्पन हजार नौ सौ चौहत्तर शौचालयों का निर्माण कर दिया गया है उन्होंने बताया कि शेष एक हजार सात सौ चौंतोस गांव को तीस अक्टूबर तक पूर्ण रूप से ओडीएफ घोषित कर दिया जायेगा केन्द्र सरकार का मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम किसानों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है उत्तर प्रदेश में लाखों किसान इस कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं और अपने खेतों की मिट्टी की जांच करा रहे हैं हमारे लखनऊ संवाददाता की यह ग्राउंड रिपोर्ट मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिये उत्तर प्रदेश में किसान अपने खेत की मृदा के पोषक तत्वों की सही जानकारी हासिल करके उर्वरकों की सही मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं इससे किसानों की लागत में बचत हो रही है कानपुर के किसान संजय त्रिपाठी ने आकाशवाणी को बताया इस कार्ड के अनुसार जब हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं अपने खेतों में तो हमारी लागत घटती है और उत्पादन हमारा उपज बढ़ती है कानपूर के किसान शिवकूमार सचान बताते हैं किसान हेल्थ कार्ड के रिकॉमेंडेशन से हमारे खेतों की मिट्टी अच्छी हो रही है और मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा बन रहा है और फिर आय भी हमारी बढ़ रही है और आम किसानों का भी काफी लाभ हो रहा है इसमें किसान का कोई पैसा नहीं लगता है पूरे प्रदेश में अब तक ढ़ाई करोड़ से अधिक किसानों ने अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाते हुए मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाये हैं इससे किसानों का खर्च तो बचा ही है साथ ही पैदावार बढ़ने से उनकी आय दोगुनी करने का सरकार का अभियान भी कामयाब होता नजर आ रहा है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

दिल्ली पेट्रोल डीलर संघ ने एक बयान में कहा है कि ये इकाईयां कल सवेरे पांच बज तक बंद रहेंगी केन्द्र सरकार ने पिछले महीने पेट्रोल और डीजल के मूल्य दो रूपये पचास पैसे प्रति लीटर कम किये थे इसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी की थी लेकिन दिल्ली सरकार ने वैट घटाने से इंकार कर दिया था इसकी वजह से हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तुलना में दिल्ली में ईंधन महंगा हो गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली की अरविंद केजरोवाल सरकार आम लोगों की बिल्कुल मदद नहीं कर रही है